आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाताओं की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में क्शलता और सत्यनिष्ठा को सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत जांच पड़ताल का स्थान लेगी

श्री मोदी ने कहा कि कर दरों में काफी कमी की गई है सरकार की विवाद से विश्वास योजना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य ज्यादातर मामलों को कोर्ट के बाहर सुलझाना है उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के छल से सबको परेशान होना पडता है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक तीन करोड़ से ज्यादा मामले सुलझाए जा चुके हैं इलेक्ट्रिक वाहन केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिना बैटरी के बिक्री और रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दे दी है अब इलेक्ट्रिक वाहन के पंजीकरण के लिए बैटरी के किसी विवरण की जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी

इस संबंध में मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को पत्र लिखा है मंत्रालय ने यह फैसला उन सिफारिशों के आधार पर किया है जिसमें कहा गया था कि बैटरी की लागत को वाहन की लागत से अलग किया जाना चाहिए

इनमें डोलरिया के तहसीलदार भी शामिल हैं पूरी तहसील कार्यालय को कंटोनमेंट एरिया बनाया गया है

बस दुर्घटना सिवनी जबलपुर नागपुर मार्ग पर आज सुबह बंजारी घाट के पास दो ट्रक आपस में टकरा गए और दोनों में आग लग गई

मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेष के अधिकांष जिलों में कल से ही बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं तेज बारिष हुई है होशंगाबाद जिले में रूक रूककर वर्षा का दौर जारी है इससे नर्मदा तथा उसकी सहायक नदी नाल उफान पर हैं

छिन्दवाड़ा जिले में कल रात से लगातार बारिश हो रही है जिससे नदी नाले उफान पर पर हैं

झाबुआ जिले में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई मौसम विभाग के अनुसार कल बक्सवाहा ब्यावरा में आठ आठ वारासिवनी बीना सोहागपुर कराहल पोहरी कोलारस में सात सात ग्वालियर नरसिंहगढ़ में पांच पांच सेंटीमीटर बारिष दर्ज की गई मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि आज रीवा सतना पन्ना छतरपुर दमोह अलीराजपुर झाबुआ धार दतिया और भिण्ड जिलों में भारी बारिष हो सकती है

अभियान चलाकर दो जगह जुड़े लोगों के नामों को भी हटाया जा रहा है

इस मौके पर पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे